इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी अब दूरभाष के माध्यम से घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और अपनी शिकायतों के निवारण की जानकारी ऑनलाईन भी देख सकते हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हैल्पलाईन नम्बर का प्रचार प्रदेशभर में किया जाएगा ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठा सके उन्होंने बताया कि ये हैल्पलाईन सरकार के जनमंच के प्रयासों को और भी अधिक प्रभावशाली बनाने में मददगार साबित होगी जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा हैल्पलाईन की श्रेष्ठ तकनीक को अपनाया गया है जिससे ये सेवा देशभर में सर्वश्रेष्ठ बन सके

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रामलाल मारकंडा ने भी इस मौके अपने विचार व्यक्त किए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर और परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे सत्ती इस बीच प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री हैल्पलाईन सेवा शुरू करने पर राज्य सरकार को शुभकामनाएं दी हैं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि मुख्यमंत्री हैल्पलाईन से स्पष्ट है कि सरकार धरातल पर काम कर प्रदेशवासियों से सीधा संवाद करना चाहती है प्रकाश जावड़ेकर केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश में बहुत से समाचार चैनल हैं लेकिन लोग विश्वसनीय समाचारों के लिए दूरदर्शन को देखते हैं उन्होंने कहा कि दूरदर्शन सनसनीखेज नहीं बल्कि सही समाचार देता है

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक महाशक्ति बन रहा है जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विकासात्मक कार्यों के निष्पादन के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाने की ज़रूरत पर बल दिया है शिमला में कल शाम एक हिंदी समाचार पत्र समूह द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से हिमाचल का बचाव विषय पर आयोजित संगोष्ठी में उन्होंने ये विचार व्यक्त किए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति ने प्रदेश को अपार प्राकृतिक संसाधनों से नवाजा है ऐसे में भविष्य के परिणामों को देखते हए इनके अंधाधुंध दोहन से बचना चाहिए जयराम ठाकुर ने स्वच्छता अभियान प्राकृतिक आपदा प्रबंधन और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के लिए समाचार पत्र समूह के प्रयासों की सराहना भी की सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विभिन्न सामाजिक संगठनों अभिभावकों और अध्यापकों से युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य करने का आहवान किया है

शिक्षा मंत्री ने नशे जैसी गंभीर समस्या पर रोक लगाने के लिए एकजुटता से कार्य करने की ज़रूरत भी बताई सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सरकार नशे के विरूद्ध व्यापक अभियान चला रही है जिसे सभी के सहयोग से सफल बनाया जाएगा उन्होंने नशे पर अंकुश लगाने के लिए सोलन के पुलिस अधीक्षक मधु सूदन शर्मा ए एसपी शिव कुमार शर्मा और एसएचओ धर्म सेन नेगी को हिमाचल रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया वार्तालाप भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय शिमला द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सूचना प्रवाह के लिए आज किन्नौर ज़िला मुख्यालय रिकांगपिओ में वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस अवसर पर एस डीएम मेजर अविनेन्द्र शर्मा ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने में मीडिया की अहम भूमिका रहती है उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विभागों को अपनी अपनी योजनाओं की सही जानकारी मीडिया तक पहुंचानी चाहिए वहीं पत्र सूचना कार्यालय शिमला के उप निदेशक प्रीतम सिंह ने कहा कि इस कार्यकम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है ताकि लोगों को इनका लाभ मिल सके स्वास्थ्य शिविर जनजातीय विकास मंत्रालय और जनजातीय विकास विभाग के सहयोग से आज लाहौल स्पिति ज़िले के क्षेत्रीय अस्पताल केलंग में स्वयंसेवी संस्था अभयुदय द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाया है

संस्था के अध्यक्ष रवि बिष्ट ने कहा कि क्षेत्र में विशेषज्ञ डॉक्टरों का अभाव रहता है ऐसे में ये शिविर लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा